कोविड संक्रमण में ब ोतरी जारी है

इन तीन सरल उपायों का पालन करते हुए स्रक्षित रहें

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अर्ध शहरी ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में कोविड नियंत्रक एवं प्रबंधन के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है

इन रोगियों को अस्प्ताल में भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं है और इन्हें घर पर ही या कोविड केयर संगरोध केन्द्रों मे ही रहकर ठीक किया जा सकता है कोविड रोगियों की निगरानी के लिए उनके शरीर में ऑक्सीजन के स्तर पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है जिसके लिए प्रत्येक गांव में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीमीटर तथा थर्मामीटर होने चाहिए केन्द्र सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर कष्टदायी स्थिति में ग्रस्ति बच्चों की तस्वीरें या इनसे सम्पर्क की जानकारी सांझी न करे कानूनी तौर पर उनकी पहचान को गोपनीय रखना चाहिए

उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों का कानूनी अधिग्रहण सुनिश्चित किया जाये अन्यथा गोद लेने की आइ में बच्चों की तस्क्री भी हो सकती है यदि कोई किसी से अनाथ बच्चे के सीधे तौर पर अभिग्रहण के लिए सम्पर्क करता है तो उसे रोका जाना चाहिए क्यूंकि ये गैर कानूनी है बाल अधिकारों की सुरक्षा के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानुंगो ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि ऐसे बच्चों को कल्याण समिति के पास लाया जाये जो बच्चे के हित मे हर आवश्यक कदम उठायेगी

चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल के आरम्भ होने से न केवल हिसार आपूर्ति आसपास के कई अन्य जिलों के कोविड रोगियों को उपचार की सुविधा मिलेगी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश में ऐसे कोविड अस्पताल स्थापित करने की संभावनाओं पर कार्य करने के निर्देश दिए थे जिन्हें सीधे उद्योगों से ऑक्सीजन की सप्लाई मिले इसी कड़ी में सम्भवत यह अपनी तरह का पहला अस्पताल है कोरोना महामारी के इस दौर में बेड व ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर यह अस्पताल कोरोना संक्रमितों के लिए संजीवनी का कार्य करेगा

इस अस्पताल में इलाज के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी सरकार पर तरह तरह के लांछन लगा रहे हैं जो महामारी के इस वक्त में सही नहीं है सरकार ने जो किया है उसकी जानकारी विपक्ष को जनता तक पहंचानी चाहिए उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस महामारी से लड़ने के लिए सरकार को सुझाव देने चाहिए यह समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारी किसानों से भी अपील की है कि वे कोरोना महामारी से लडऩे में सहयोग करें सरकार के साथ लड़ाई चलती रहेगी परंत् अब समय कोरोना से लडऩे का है इसलिए धरना समाप्त कर देना चाहिए ताकि इस महामारी को आगे फैलने से रोका जा सके

उन्होंने कहा कि हिसार में केवल हिसार जिले के ही नहीं अपित् अन्य जिलों व पड़ोसी राज्यों से भी लोग इलाज के लिए आते हैं

जरूरी काम होने पर ही घर से निकलें उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में महामारी अलर्ट स्रक्षित हरियाणा के तहत और सख्ती की जाएगी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के अन्दर स्वास्थ्य विभाग में नए बिस्तरों की संख्या बढ़ी है

उन्होंने प्रदेश के लोगों को आंखों की नई बीमारी ब्लैक फंगस के प्रति भी सचेत होने के लिए कहा

हमें इससे भी सावधान रहना होगा

अब तक क्ल एक लाख छिहतर हजार आठ सौ पैतींस लोगों को टीके की ख्राक दी जा च्की है पंचकूला में ब्लैक फंगस यानि म्यूकोकोमिफोसिस का पहला मामला संज्ञान में आया है इस बारे ये जानकारी देते हये पंचकूला की सिविल सर्जन डॉ जसजीत कौर ने बताया कि पंचकूला में निजी अस्प्ताल में ब्लैक फंगस का मामना आया था जिसे बाद में पीजीआई चंडीगढ़ भेज दिया गया उन्होंने बतायाकि कोविड महामारी के चलते इलाज के दौरान मरीज़ को स्टीरोज़ड दिये जाते है जिसके कारण भी फंगस बीमारी होनी शुरू हो गई है ये फंगस केवल कोविड मरीज़ों को नहीं नहीं हो रही अपित् कई अन्य बीमारियों जैसे कैंसर एचआईवी गंभीर मध्मेह के मरीज़ जो स्टीरोज़ड ले रहे है वे भी इसकी चपेट में जाते है इसके लक्षणों मे नज़ला ज्काम खांसी आंखों व त्वचा मे कालापन होना भी देखने को मिल रहा है

हरियाणा सरकार ने घर में उपचाराधीन कोरोना मरीज़ों के लिए होम आईसोलेशन क्टि यानि घरों में संगरोध में रहने वालो के लिए किट जारी करने के लिए सभी जिला उपायक्तों व सिविल सर्जनों को हिदायतें दी थी इसमें घरों में उपचार करवा रहे मरीज़ों का लाभ मिलेगा

लगभग तीन हजार मरीज़ों को ये किट दी जायेगी पलवल के उपाय्क्त नरेश नरवाल ने बताया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दिव्यांगजनों कमज़ोर व्यक्तियों व गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए निवारक उपाय करने के दिशा निर्देश जारी किये है उन्होंने बताया कि नेत्रहीन और अन्य दिव्यांग कर्मचारी कोरोना वायरस रोग के प्रति अधिक संवदेनशील है स्पर्श पर उनकी व्यापक निर्भरता और उनकी कार्यालय में उपस्थिति न तो उनके हित में है और न ही अन्य कर्मचारियों के हित मे भले ही वे आवश्यक सेवाओं में काम कर रहे हों

सिरसा जिला रेडक्रॉस सोसायटी दवारा कोरोना संक्रमित घरो में संगरोध व गंभीर रोगों से ग्रस्त रोगियों को कोई असुविधा न हो इसके लिए उनके घर द्वार पर ही उनकी ऑनलाइन रिक्वेस्ट के अन्सार ऑक्सीजन सिलेंडर पहंचाए जा रहे हैं

गत दिवस पहाड़ों के ऊंचे इलाकों में हुई बरसात से यमुना के जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई